रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल मुम्बई में प्रियदर्शनी पुरस्कार समारोह में ये जानकारी दी

श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया श्री गंगवार ने बताया कि जो कर्मचारी किसी कारणवश नौकरी से अलग हो जाते हैं उनको अगले तीन महीने तक श्रम मंत्रालय आर्थिक सहयोग देगा इसको आधार से जोड़ने की बात हो रही है योजना के तहत बेरोजगारी के दौरान और नया रोजगार मिलने तक राहत राशि सीघे बीमित व्यक्ति के खाते में भेज दी जाएगी यह सुविधा उन व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी जो नए रोजगार की तलाश में हैं पहले दो वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति को सुपर स्पेशिलिटी ट्रीटमेंट मिलता था जो अब छह महीने की सेवा वाले कर्मचारी को भी मिलेगा इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जायेगा

आज यात्रा लालसोट दौसा बांदीकुई थानागाजी अलवर ग्रामीण और अलवर शहर में जायेगी

पार्टी के संभागीय प्रवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि रैली में आदिवासी अंचल के बांसवाडा ड्रंगरपुर प्रतापगढ उदयपुर और चित्तौडगढ जिलों से तीन लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है श्री शर्मा ने बताया कि इसके लिए हर जिले और ब्लॉक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए कहा गया हैं

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले करीब ढाई हजार विद्यार्थियों को सम्मानित किया जायेगा

श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में छोटे कारोबार के लिए मासिक ई न्यूजलैटर का लोकार्पण करने के बाद कहा कि सरकार ने छोटे उद्योगों के कल्याण और विकास के लिये कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये हैं सरकारी खरीद में छोटे उद्योगों से माल खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है इसके लिये ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में ई न्यूजलेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा श्री सिंह ने कहा कि यह न्यूजलेटर सरकार और करोड़ो छोटे कारोबारियों के बीच एक सेतु का काम करेगा

विमाग ने कहा है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा सभी अस्पतालों को योजना के अंतर्गत मरीजों की मर्ती से रोकने के लिये मेजा गया ई मेल का कार्य अवैधानिक और गैरकानूनी हैं चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना से जूडे हुए सभी अस्पताल मरीजों का ईलाज जारी रखे और प्रावधानों के अनुसार क्लेम समय पर प्रस्तुत करें नियमानुसार भेजे गये क्लेम्स को स्वीकृत कराया जायेगा

विभिन्न मंदिरों में भगवान कृष्ण को जल विहार कराया जा रहा है इसके बाद अलग अलग समय पर ठाकुर जी की शोभायात्रा निकाली जायेगी राजसमंद में चारमूजा नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड उमड रही है